केन्द्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को आठवीं किस्त में छह हजार करोड रुपये जारी किए

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है पिछले पांच दशक में यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होगा इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्नीस सौ चौंसठ में कार्यक्रम में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री की सहभागिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह और प्रसन्नता नजर आ रही है उनके कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही यहां एक नए यूग की शुरुआत होगी एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मनसूर ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय के सौ वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया है विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के अनुसार प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की यहां शताब्दी वर्ष समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है और प्रसन्न नजर आ रहे हैं प्रयानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने के मद्देनजर कैंपस के भीतर और बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं

प्रघानमंत्री के कार्यक्रम में प्रतिमाग के बाद इसे एक नई दिशा मिलेगी और यहां रैवाणिक क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी सुविख्यात इस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर की कई हस्तियों को जन्म दिया है एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने बताया कि एएमयू समुदाय प्रधानमंत्री के यहां शताब्दी समारोह में निमंत्रण स्वीकार करने से बेहद खुश हैऔर कृतज्ञ महसूस कर रहा है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टरों से अपील की है कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग केवल अपनी आजीविका के लिए ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी करें कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सोलहवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को गरीबों का ध्यान रखना चाहिए चिकित्सा पेशे में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने इस दिशा में कदम बढ़ाये हैं राष्ट्रपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने नौ लाख से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण करके अपना बहत अच्छा योगदान दिया है लोगों का जीवन बचाने में कोरोना योद्वाओं के योगदान की सराहना करते हए राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के पूर्व और वर्तमान छात्र चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानशीलता प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि हर शिक्षार्थी के अन्दर विनम्रता एवं सेवाभाव भी होना चाहिये उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि चौवालिस पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से इक्कीस छात्राएं हैं राज्यपाल ने चिकित्सकों तथा डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि सभी कम से कम एक क्षय रोग ग्रसित बच्चे को गोद लें और उनकी देखभाल करें उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक दस हजार से अधिक बच्चों को गोद लिया जा चुका है इनमें से लगभग छः हजार बच्चे ठीक हो चुके हैं राज्यपाल ने कहा कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन कम से कम पचास बच्चों को हर साल गोद लेने का संकल्प लें और अगले दीक्षान्त समारोह तक उन्हें स्वस्थ करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है तथा विकास की सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि सभी का विकास और सुरक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने कल मऊ जनपद में एक सौ छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये की सत्ताईस विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और एक जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लामार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है जिससे अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी मुख्यमंत्री ने कृषि बिल के सम्बंध में विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि बिल से किसानों का व्यापक लाभ होगा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को आठवीं साप्ताहिक किस्त में छह हजार करोड रुपये जारी किए हैं इसमें से तेईस राज्यों को पांच हजार पांच सौ सोलह करोड़ रुपये जारी किए गए हैं सरकार ने जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में एक लाख दस हजार करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष अक्तूबर में उधार लेने के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू की थी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से भारत सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से ऋण लिया जा रहा है इस सप्ताह यह राशि चार दशमलव एक नौ प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार दी गई है अब तक केंद्र सरकार द्वारा विशेष उधार प्रक्रिया के माध्यम से औसत ब्याज दर चार दशमलव छह नौ प्रतिशत पर अड़तालिस हजार करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व में कमी पूरा करने के लिए विशेष उधार प्रक्रिया के माध्यम से धन उपलब्ध कराने के अलावा केंद्र सरकार ने विकल्प वन का चयन करने वाले राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के शून्य दशमलव पांच शून्य प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधार अनुमति दी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का कल नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

मोतीलाल वोरा को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए छह बार चुना गया और वे दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे वे चार बार राज्यसभा सदस्य रहे और एक बार लोकसभा के लिए भी चुने गए वे केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने मोतीलाल योरा के निधन पर दुख व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि वोरा जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से थे उन्हें कई दशकों के अपने राजनीतिक जीवन में प्रशासनिक और संगठन का लम्बा अन्भव था प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों में कोरोना संक्रमित एक हजार अट्ठारह नये केस मिले हैं राज्य में अब सोलह हजार आठ सौ बाईस कोरोना के सक्रिय मामले हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में अब तक क्ल दो करोड़ पच्चीस लाख चौसठ हजार आठ सौ अट्ठाईस सैम्पल की जांच की गई है

अब तक क्ल पांच लाख पचास हजार पांच सौ सत्तासी मरीज कोरोना से स्वस्थ हो गये हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये योजनाबद्व तरीके से कार्य कर रही है जिससे राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है फिर भी समी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गई है श्री सहगल ने बताया कि मिशन रोजगार के अन्तर्गत बड़ी संख्या में रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है इस अभियान के तहत प्रत्येक जनपद की कार्य योजना बनाई जा रही है